आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में मुम्बई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों से अपील की थी कि वे यांत्रिक बुद्धि का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के अनुमान और दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए करें नरेन्द्र मोदी ने संकट के दौरान जन सुरक्षा के प्रति पूर्व सतर्कता और तैयारी पर जोर दिया उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षा के बारे में जागरूक होना चाहिए अगले वित्तवर्ष के बजट में स्वच्छ भारत मिशन के तहत घोषित गोबर धन कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत में प्रतिदिन तीस लाख टन गोबर का उत्पादन होता है उन्होंने कहा कि इसका उपयोग ऊर्जा पैदा करने और कम्पोस्ट खाद बनाने के काम में किया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत महिलाओं के विकास की जगह अब महिला नेतृत्व में विकास की ओर बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यू इंडिया का सपना वही है जिसमें नारी सशक्त व सबल हो और देश के समग्र विकास में बराबर की भागीदार हो

इस मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से ड्यूटी के दौरान होने वाले मानसिक तनाव से राहत मिलती है जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ समय से साइबर अपराधों में बढ़ोतरी हुई है जिससे निपटने के लिए पुलिस को और अधिक दक्षता व सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की ज़रूरत है पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी ने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए समय समय पर खेल गतिविधियां आयोजित करना ज़रूरी है ताकि वे स्वयं को चुस्त दुरूस्त रख सकें वीरेंद्र कंवर ग्रामीण व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि आर्दश गांव की कल्पना के लिए फिर से मूल की तरफ बढ़ने की जरूरत है ऊना जिला के कोटला खुरद में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में भारत के गांव आत्म निर्भर होने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी चिंतित थे वीरेंद्र कंवर ने शुन्य लागत खेती अपनाने पर बल देते हुए बुद्विजीवी वर्ग से पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित क्रांति की तरफ बढ़ने का आहवान किया कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सती ने युवाओं से विभिन्न समाजिक बुराई के खिलाफ डट कर लड़ने का आह्वान किया मारकंडा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि किसानों की फसलों को आवारा जंगली पशुओं व बंदरों से बचाने के लिए सोलर फैंसिंग योजना शुरू की गई है शिमला ज़िले में चौपाल निर्वाचन क्षेत्र के कुथार में रेडियो कम्यूनिटी सेंटर के उद्घाटन के बाद एक जनसभा में आज उन्होंने ये बात कही

राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कई कदम उठा रही है

निधन भारतीय सिनेमा जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी का बीती रात दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया

श्रीदेवी एक पारिवारिक समारोह के लिए दुबई गई थीं

इसकी अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी कांता वर्मा ने कैदियों को संविधान में दिए गए विभिन्न मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी दी इधर कांगड़ा ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पुलिस प्रशिक्षण कोन्द्र डरोह में जागरूकता शिविर लगाया जिसकी अध्यक्षता ज़िला व सत्र न्यायाधीश पुरेन्द्र वैद्य ने की